पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा प्रदेश की नई बनी पंचायतों को भवन उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता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

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा गया है कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें

पालमपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्द विकास के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने पालमपुर के मिनी सचिवालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे

ये गार्डन पर्यावरण स्थिरता योजना की अवधारणा पर आधारित है जिससे जमीन के छोटे से हिस्से में व्यवस्थित तरीके से संरक्षित और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा विश्वविद्यालय के कुलपति एचके चौधरी ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि पुरातन धरोहर के संरक्षण के लिए लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर में शानदार म्यूज़ियम बनाया जाएगा वे त्रिलोकीनाथ में स्नो फैस्टिवल के आयोजन के दौरान बोल रहे थे मारकण्डा ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से समुद्व जनजातीय संस्कृति को एकमंच पर लाने और पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में इस बार सर्दियों में पर्यटक नहीं पहुंच पाए लेकिन आने वाले समय में संरचनात्मक ढांचे को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन गतिविधियों को बल मिल सके स्नो फैस्टिवल इस बीच स्नो फैस्टिवल की कड़ी में आज स्टींगरी और लोट में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए स्टींगरी में उपायुक्त पंकज राय ने उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस दौरान पारम्परिक व्यंजनों सहित स्नो क्राफ्ट और रस्सा कस्सी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के सुजन और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दे रही है सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के कोरों कँथड़ी में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं आम लोगों का सहारा बनी हैं और सभी को अपनी पात्रता के अनुसार इनका लाभ उठाना चाहिए

राजेन्द्र गर्ग दूसरी ओर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गतोल में जन समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित बना रही है उन्होंने बताया कि इस वर्ष जून माह तक घुमारवीं क्षेत्र में हर घर में नल और नल में जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी

उन्होंने आज ऊना जिले में कृटलैहड़ क्षेत्र के जसाणा में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है

रक्तदान स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला ग्रामीण की देवला पंचायत के मूल भज्जी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया

ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर अपूर्वा ने बताया कि इस शिविर से आईजीएमसी शिमला में रक्त की कमी दूर करने में मदद मिलेगी

हस्तशिल्प व हथकघा निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशिक्षण लेकर भविष्य में अपना स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है विधायक सुरेन्द्र शौरी भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे मौसम प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद आवश्यक सेवाओं को तेजी के साथ बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है मौसम साफ रहने के चलते ऊपरी इलाकों में सड़कों को खोलने के कार्य में तेजी आई है

शेष कार्य आज शाम तक पूरा होने की उम्मीद है इस बीच प्रदेश के अधिकतर भागों में शीतलहर जारी है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है